कल लोकसभा में बहस के जवाब में देश के विभिन्न हिस्सों में हाल में आयी बाढ़ और सूखे की स्थिति पर गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि सहायता राशि के मामले में किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं किया गया है

करगिल विजय का मुख्य समारोह द्रास युद्ध स्मारक में हो रहा है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इसमें केवल दस अगस्त तक के लिये पानी के हिस्से को निर्धारित किया गया राजस्थान का प्रतिनिधित्व जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता केएल जाखड़ ने किया उन्होंने बताया कि दस अगस्त तक राज्य का हिस्सा यथावत रखा गया है दस अगस्त के बाद पानी में राज्य के हिस्से को निर्धारित करने के लिए छह अगस्त को फिर से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित की जायेगी गौरतलब है कि इंदिरागांधी नहर से प्रदेश के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू जोधपुर नागौर बाड़मेर जैसलमेर सीकर और झुंझुंनू सहित अन्य जिलों को पानी मिलता है

इसके लिए विभाग की ओर से सभी डीलरों के खाते ऑनलाइन करने की कवायद शुरू कर दी गई है इसकी शुरुआत के बाद राशन सामग्री देने के दौरान पोस मशीन पर उपभोक्ताओं के खातों से राशि कटकर डीलर के खाते में जमा हो जाएगी

आरोपित ने परिवादी से उसके दो भूखंडो के बाबत ये राशि ली थी

पुलिस ने उससे चोरी की राशि बरामद कर ली है गौरतलब है कि कस्टोडियन अधिकारी संजीव सिंह को बैंक द्वारा पहले ही निलंबित किया जा चुका है

सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से किया जायेगा सम्मेलन के दौरान बारिश की सटिक गणना के लिये वायु परीक्षण भी किया जायेगा सम्मेलन में ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर पत्र वाचन होंगे

घटना की सूचना पर नारी निकेतन अधीक्षक और पुलिस मौके पर पहुंच गई

करौली में देर रात से रूक रूक कर बारिश हो रही है जिससे स्थानीय नदियों में पानी की आवक बढ गई है सवाईमाधोपुर और धौलपुर में हल्की ब्रंदाबांदी का दौर जारी है भरतपुर में बरसात का दौर जारी रहने से नदी नाले पानी से लबालब हो गये है